प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की शिमला में हुई बैठक सदस्यता अभियान व संगठन के विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार माताओं और शिशुओं को पर्याप्त पोषाहार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्व है

मुख्यमंत्री आज शिमला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान के तहत पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में विभिन्न वर्गो के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं महेन्द्र सिंह बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार बागवानों को विपणन की सुविधाएं घर द्वार पर मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत्त है शिमला जिले के ठियोग की पराला सब्जी मंडी में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आश्वासन दिया कि पराला सब्जी मंडी को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी

परमार चंबा जिले के सरोल में एक सौ एक बीघा भूमि पर मैडिकल कॉलेज के पहले चरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा

इसके अलावा प्रशासनिक भवन व स्टाफ क्वाटर बनाए जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हैल्थ वैलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को द्रूस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वैलनेस सेंटर में तबदील किया जा रहा है बाद में विपिन परमार ने धुलारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला भी रखी भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार गुणवत्ता आधारित शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम चला रही है जिससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है वे आज शिमला में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार विषय पर हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे

इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने इनोवेटिव पाठशाला ऐप्प का भी शुभारंभ किया भाजपा प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक पार्टी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई इसमें पार्टी की प्राथमिक व सक्रिय सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई इसके अलावा पार्टी में चल रहे संगठनात्मक विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सदस्यता अभियान का आने वाले समय में पार्टी को लाभ मिलेगा प्रदेश भाजपा सदस्यता प्रभारी रामसिंह ने बताया कि पार्टी ने प्रत्येक मंडल में एक हजार सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है रात्रि भोज राज्य सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्र के सम्मान में बीती रात शिमला में रात्रि भोज का आयोजन किया कलराज मिश्र अब राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने उन्हें स्मृति चिन्ह व हिमाचली टोपी भेंट कर सम्मानित किया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा वन मंत्री गोविंद ठाक्र सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने मंडी जिले के बग्गी में विधिक जागरूकता शिविर में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोक अदालतों का प्रचलन बढ़ा है और इनके बेहतरीन परिणाम आए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गांव व पंचायत में विलेज लीगल केयर एंड स्पोर्ट काउंटर खोले गए हैं इसके अलावा जिला व उपमंडल स्तर पर फंट ऑफिस स्थापित हैं इससे पहले उन्होंने पौधरोपण भी किया हंसराज प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने आज चंबा में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की चर्चा की समिति के सभापति हंसराज ने अधिकारियों को जिला का संतुलित विकास सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसी योजनाओं पर कार्य करें जिससे न केवल आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हो बल्कि लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी मिल सकें पोषण अभियान देश भर में सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है इस दौरान रोजाना विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर पोषण जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है बिलासप्र में खेल छात्रावास के विद्यार्थियों ने आज पोषण जागरूकता रैली निकाली उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि इसके माध्यम से लोगों को पोषण के महत्व के बारे में अवगत करवाया गया उन्होंने कहा कि पोषण के बारे में ग्रामसभा की बैठकों जनमंच और जागरूकता अभियानों में चर्चा की जाएगी उधर महिला व बाल विकास विभाग ने किन्नौर के उरनी में जिला स्तरीय पोषण मेले का आयोजन किया बाल विकास परियोजना अधिकारी देवव्रत नेगी ने महिला मंडल व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से लोगों को संतुलित आहार व पोषण के बारे में जागरूक करने का आहवान किया

इनमें कैबिनेट मंत्री जनसमस्याओं का निपटारा करेंगे शिमला जिले में चौपाल के धवास मंडी जिले के कोटहटली सोलन जिले में कोठों जबकि सिरमौर जिले में ये कार्यक्रम पच्छाद के फागू में आयोजित किया जाएगा ऊना का जिला स्तरीय कार्यक्रम चिंतपूर्णी कुल्लू में शमशी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के ताल जबकि कांगड़ा में जनमंच कार्यक्रम पालमपुर के कंदवाड़ी में होगा बिलासपुर जिले में नैनादेवी के दयोथ चंबा जिले में चुराह क्षेत्र के बैरागढ़ जबकि लाहौल घाटी में जाहलमा पंचायत में जनसमस्याएं सुनी जाएंगी

खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया है उन्होंने कहा कि लोगों और पर्यटकों को उच्च श्रेणी की मुक्केबाजी प्रतियोगिता देखने का ये एक अच्छा अवसर मिलेगा